कहा पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को धमकाने का प्रयास किया बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस दो हजार उन्नीस के लोकसभा चूनाव तक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के मुददे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टालना चाहती है राजस्थान के अलवर में एक चूनावी रैली में श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को धमकाना शुरू कर दिया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता और राज्यसभा के एक सदस्य ने न्यायालय से दो हजार उन्नीस तक सुनवाई में विलंब करने को कहा था

बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है तीस नवम्बर तक चलने वाले इस सत्र के दौरान क्ल पांच बैठकें होंगी विपक्षी पार्टियों द्वारा राज्य में भ्रष्टाचार और गिरती कानून व्यवस्था को लेकर सरकार को घेरने के फैसले से यह सत्र हंगामेदार होने की उम्मीद है इधर संसदीय कार्य मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि सरकार विपक्ष के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है शीतकालीन सत्र के दौरान दो विधेयक सदन पटल पर रखे जाएंगे सत्ताईस नवम्बर को उपमुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी जीएसटी से संबंधित विधेयक पेश करेंगे वहीं उनतीस नवम्बर को चालू वित्तीय वर्ष के लिए दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया जायेगा विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी और विधान परिषद के उपसभापति हारूण रशीद ने सभी पार्टियों से सदन की कार्यवाही सुचारू ढंग से चलाने में सहयोग की अपील की है केन्द्र सरकार ने सरकारी तेल विपणन कंपनियों को देश में लगभग छप्पन हजार पेट्रोल पंप खोलने की अनुमति दे दी है इस फैसले से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अरबों रुपये का निवेश होगा भारतीय तेल निगम लिमिटेड के अधिकारी पार्थ वोरा ने कहा कि इंडियन ऑयल भारत पेट्रोलियम और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम समेत सरकारी तेल विपणन कंपनियों द्वारा राजमार्गों कृषि क्षेत्र और औद्योगिक केन्द्रों जैसे उभरते बाजारों में बढ़ रही ईंधन जरूरतों को पूरा करने और ग्राहकों की सुविधा के लिये नेटवर्क का विस्तार किया जा रहा है केन्द्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि हरेक पंचायत के एक गांव को डिजिटल गांव के रूप में विकसित किया जायेगा पटना के दनियावां में आयोजित एक समारोह में श्री प्रसाद ने कहा कि इसके लिए युद्वस्तर पर काम चल रहा है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने पिछले चार सालों के दौरान देशभर में दो लाख बावन हजार डिजिटल केन्द्रों की स्थापना की है जिससे बारह लाख युवाओं को रोजगार मिला है केन्द्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह ने कहा है कि पश्पालन को बढ़ावा देने के लिए सभी जिले में पशु मेलों का आयोजन किया जायेगा इन मेलों का आयोजन केन्द्र द्वारा राज्य सरकार के सहयोग से होगा पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य पश् धन के माध्यम से किसानों की आमदनी दो हजार बाईस तक दोगुनी करने का लक्ष्य हासिल करना है केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार मत्स्य पालन मेला लगाने पर भी विचार कर रही है प्रदेश में अब किसानों को मोबाईल एप के माध्यम से बीज उपलब्ध कराया जायेगा कृषि विभाग द्वारा इसके लिए विकसित एप का कल कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने लोकार्पण किया श्री कुमार ने कहा कि इस एप के माध्यम से किसानों को उनके घर तक बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करवाई जायेगी उन्होंने कहा कि इससे बीजों की कालाबाजारी और बिचौलियों पर भी रोक लगेगी मौसम विभाग ने अठाईस नवम्बर से प्रदेशभर में ठंड में बढ़ोतरी का पूर्वानुमान व्यक्त किया है विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटे के दौरान पश्चिमी विक्षोभ एक बार फिर सक्रिय हो जायेगा जिसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर समेत देश के उत्तरी हिस्सों में बर्फबारी के साथ बारिश होने की संभावना है इसके चलते प्रदेश में भी ठंड में वृद्धि होगी आयकर विभाग ने एक वित्तीय वर्ष के दौरान ढ़ाई लाख रूपये से अधिक का लेन देन करने वाली व्यवसायिक इकाईयों के लिए पैन कार्ड अनिवार्य कर दिया है यह प्रावधान पांच दिसम्बर से प्रभावी हो जायेगा प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष के दौरान नौ हजार किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जायेगा इस पर तेईस सौ करोड़ रूपये खर्च होंगे वहीं मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना के तहत विश्व बैंक और ब्रिक्स बैंक की मदद से साढ़े छह हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण कांड में सीबीआई वर्ष दो हजार आठ में गठित जुबेनाईल जस्टिस बोर्ड में मधु और दिलीप वर्मा की नियुक्ति की जांच कर रही है सूत्रों ने बताया कि जांच एजेंसी बोर्ड के गठन की प्रक्रिया और इसके सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित फाइलों की जांच कर रही है वहीं समाज कल्याण विभाग से भी बाल कल्याण समिति के गठन की प्रक्रिया के विषय में जानकारियां मांगी गयी है इधर सीबीआई पूर्व समाज कल्याण मंत्री मंजू वर्मा को रिमांड पर लेने की भी तैयारी कर रही है आज संविधान दिवस है

संविधान दिवस के अवसर पर राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है आज नशा मुक्ति दिवस है इस अवसर पर राज्य के सभी अधिकारी और कर्मचारी शराब का सेवन नहीं करने का संकल्प लेंगे वहीं लोगों को शराब की बुराईयों के प्रति जागरूक करने के लिये प्रदेशभर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है गोपालगंज जिले के विजयीपुर थाना क्षेत्र अन्तर्गत परसा पुल के पास से पुलिस ने लगभग तेईस सौ बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वहीं जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के सरौन बाजार से उत्पाद विभाग की टीम ने एक एम्बुलेंस से पचास कार्टन शराब बरामद की है मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया है इधर सीवान जिले के मैरवा थाना क्षेत्र के नौतन मोड़ के पास से पुलिस ने एक सौ तैंतीस बोतल शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है सीवान जिले के दरौंदा थाना क्षेत्र स्थित राम जानकी मंदिर से अपराधियों ने राम सीता की अष्टधातु की मूर्तियां चुरा ली चोरी गयी मूर्तियों की कीमत लगभग बीस लाख रूपये बतायी जाती है बेगूसराय के पूलिस अधीक्षक अवकाश कूमार ने एफसीआई ओपी प्रभारी ज्योति कुमार को कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया है मुजफ्फरपूर के सरैया से बावन लाख रूपये लूट के मामले में पूलिस ने वैशाली जिले के सरैया टोल प्लाजा के पास से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है और अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने अयोध्या में विश्व हिन्दू परिषद द्वारा आयोजित धर्म सभा से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है संतों ने मुस्लिम पक्षकारों को राम मंदिर पर आगाह किया मथुरा काशी भी एजेंडे में दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम के पचासवें संस्करण से ज़्ड़ी खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है अखबार लिखता है मोदी आयेगा चला जायेगा पर देश अटल रहेगा प्रभात खबर की सुर्खी है बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से राष्ट्रीय सहारा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को पहले पन्ने पर जगह देते हुये लिखा है घोड़ा कटोरा ईको टूरिज्म स्थल बनकर उभरेगा आज की सुर्खी है नहीं रहे पूर्व केन्द्रीय मंत्री सीके जाफर शरीफ

कहा पार्टी ने उच्चतम न्यायालय के न्यायधीशों को धमकाने का प्रयास किया बिहार विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है